प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि टकराव से बचने का भारतीय तरीका बल प्रयोग का नहीं बल्कि संवाद का है खूलापन विभिन्न मतों के प्रति सम्मान और नवाचार भारतीयों के स्वाभाविक गुण हैं कोझिकोड के भारतीय प्रबंधन संस्थान के विद्यार्थियों को कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया घूणा हिंसा संघर्ष और आतंकवाद से मुक्त होने के प्रयास कर रही है ऐसे में भारतीय जीवन शैली आशा की नई किरण है

इस सम्मेलन में संसद और राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी और प्रमुख सचिव सहित अन्य प्रतिनिधिगणों ने सहभागिता की

सम्मेलन में पूर्ण सत्रों के दौरान बजट प्रस्तावों की संवीक्षा के लिये जन प्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाना और जन प्रतिनिधियों का ध्यान विधायी कार्यो की ओर बढ़ाना विषयों पर चर्चा की गई बाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह क सम्मेलन से विधानमंडल के समक्ष आ रही चुनौतियों से निपट कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलती है बाइट लखनऊ में दो विषय पर विशेष रूप से चर्चा हुई एक बजट प्रस्ताव की समीक्षा और जनप्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाने पर दूसरा विषय विधायी कार्य में विधायक की भूमिका इन सम्मेलनों का उद्देश्य किस तरीके से हम लोकतंत्र को मजबूत कर सकें हमारे राज्य विधानमंडल की और संसद की अच्छी संसदीय परम्पराएं परपार्टी नियम प्रक्रियाओं को किस तरीके से और मजबूत की जाये ताकि सदन की कार्यवाही निर्बाध रूप से चल सके विधायी कार्य भी और बजट जैसे विषय पर भी सारगर्भित तरीके से चर्चा हो उन्होंने इस मौके पर कहा कि देश भर में विधानसभाओं की बहसों को भी डिजिटल रूप में लाने के प्रयास किये जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि प्रयास इस बात के किये जायेंगे कि पूरे देश में कहीं से कोई भी व्यक्ति एक क्लिक पर संसद और देशभर की विधानसभाओं की कार्यवाही को देख सके उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस सम्मेलन के जरिये इस बात पर भी चर्चा की गई कि सभी विधानमंडल और संदन के लिये कार्यवाही के बाधित होने के संबंध में एक समान नियन बनाने की कोशिश की जाये ताकि सदन के समय का बेहतर उपयोग किया जा सके इससे पूर्व समापन सत्र अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा कि यह दो दिवसीय चर्चा से विधायी कार्यो के लिये लाभदायक सिद्ध होगी बाइट जनप्रतिनिधियों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि जनमानस की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया जाये यह प्रसन्नता की बात है कि इस सम्मेलन में रोल ऑफ मेडिसमेंन्ट तथा चर्चा के लिये निर्धारित दो विश कैपिसिटी बिल्डिंग ऑफ लेजिसलेटेस फॉर स्कूटीनाइजिन वेजटरी प्रोपोजल्स और एन हानसिंग फोकस ऑफ लेजिस लेजर्स ऑल लेजिस सेविंग स्नेशफार सफलता पूर्वक विचार विमर्श किया गया हैं मैं इस विचार विमर्श को प्रसांगिक बनाने में आपकी सक्रिय भागीदारी और सार्थक योगदान के लिये आप सभी की सराहना करती हूँ मुझे आशा है कि पिछले दो सत्रों में संसदीय चुनौतियों का सामना करने एवं सदन के बेहतर कार्य संचालन की दिशा में लाभदायक सिद्ध होंगे समापन समारोह को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया

इससे पहले गृह मंत्रालय ने अभियुक्त मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी थी और उसे खारिज करने की सिफारिश की थी मुकेश सिंह ने कुछ ही दिन पहले अपनी सजा माफ करने की गुहार लगाई थी गृह मंत्रालय ने अपनी सिफारिश में दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल की सिफारिश को दोहराया था कि इसे खारिज किया जाये इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी कल दया याचिका को खारिज किये जाने का गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था देश के विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं

देशभर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों के उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार गांव गरीब किसान नौजवान महिला तथा समाज के सभी तबकों के लिये कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी उसे अंगीकार करके लागू किया है श्री योगी आज लखनऊ में प्रगतिशील कृषक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश में एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है वर्तमान शासन में योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ किसानों को मिल रहा है और किसान सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है यही कारण है कि कृषि से कृषकों का पलायन रूक गया है इस अवसर पर किसानों को कृषि यंत्रों तथा स्वीकृत आर्थिक सहायता के स्वीकृति पत्र व चेकों का वितरण किया गया

भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया खाड़ी देश और बड़ी संख्या में अन्य एशियाई देश भी इसके दायरे में आयेंगे

इसरो के यू आर राव उपग्रह केंद्र के निदेशक पी कून्हिकृष्णन ने जी सेट के सफल प्रक्षेपण पर प्रसन्नता व्यक्त को आकाशवाणी लखनऊ के पूर्व केन्द्र निदेशक श्री के के नैय्यर का कल निधन हो गया

आकाशवाणी लखनऊ केन्द्र पर कर्मचारियों ने आज एक शोक सभा आयोजित कर उन्हें अपनी श्रद्धाजंलि दी उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला खान के उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुनाव रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है उच्च न्यायलय ने चुनाव लड़ने के लिए कम उम्र होने के कारण उनका चुनाव रद्द किया था बहुजन समाज पार्टी के पराजित उम्मीदवार नवाज अली खान ने उन्हें रामपुर जिले के सुआर विधानसभा सीट से चुने जाने पर चुनौती दी थी

समाप्त